मुख्यमंत्री ने कोरोना मरीजों का ईलाज कर रहे डॉक्टरों व अन्य स्टॉफ की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश

अंतिम संस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज नई दिल्ली के लोदी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पृष्पांजलि अर्पित की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निर्धन पर शोक व्यक्त किया गया मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में दो भिनट का मौन रखा मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी के दौरान मरीजों का ईलाज कर रहे डॉक्टरों व पैरामैडिकल स्टॉफ की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं शिमला में आज वीडियो कांफेंस के माध्यम से उपायुक्तों पूलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लक्षण रहित रोगियों को होम आईसोलेशन में रखा जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों का ईलाज कर रहे डॉक्टरों व पैरामैडिकल स्टॉफ को भी संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा के सभी उपाए अपनाए जाने चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर शून्य दशमलव पांच आठ फीसदी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मंदिरों को खोलने पर विचार कर रही है जिसके लिए एसओपी तैयार की जाएगी मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया को सरल करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि परीक्षण सुविधाओं पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है कौशल विकास मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा है कि सोलन ज़िले के वाकनाघाट में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए संचालन भागीदारों के साथ राज्य कौशल विकास निगम द्वारा पांच वर्ष का अनुबंध करार किया जाएगा शिमला में आज कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में उन्होंने बताया कि ये उत्कृष्टता केंद्र पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस पर सब्सिडी प्रदान करेगी और इन्हें भोजन व आवास सहित इंटरनशिप के पैसे खुद भरने होंगे

उन्होंने कहा कि मशीनरी व उपकरणों का रख रखाव मुरम्मत और इनका स्तरोन्यन भी संचालन भागीदार की जिम्मेदारी होगी तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना में किए जा रहे कार्यो का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए सुरेश भारद्वाज ने राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में साढ़े तीन करोड़ रुपये से बनने वाले स्मार्ट क्लास रूम और दो करोड़ रुपये से निर्भित होने वाले खेल मैदानों का भी निरीक्षण किया

इससे पहले शहरी विकास मंत्री ने हमीरपुर में भी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में विकास कार्यों का जायजा लिया राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि फर्जी बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने की संभावना है और फर्जी बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों के मामलों की छानबीन करने के बाद उन्हें सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न कर सकें उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने बीपीएल व अंत्योदय के लाभ के लिए अनुचित लोगों की अनुशंसा की है

इसमें संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री माकपा विधायक राकेश सिंघा और विधायक होशियार सिंह भाग लेंगे विपिन परमार ने बताया कि बैठक में सत्र के दौरान सभी दलों से रचनात्मक सहयोग के बारे में चर्चा की जाएगी

जेईई परीक्षा देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तैयारी के साथ आज शुरू हुई

परीक्षा केंद्रों में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया है और उन्हें सैनिटाईज किया जा रहा है अंत्येष्टि लेह की गलवान घाटी में शहीद हुए कांगड़ा जिले के सैन्य अधिकारी दीक्षांत थापा का आज उनके पैतृक गांव कंदरोड़ी में पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया आज उनका पार्थिव शरीर पठानकोट से उनके पैतुक गांव लाया गया जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि दी शहीद की मां ने अपने बेटे को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी शहीद मेजर दीक्षांत थापा की अंतिम यात्रा में सैंकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और उन्हें अश्रपूर्ण विदाई दी उनके छोटे भाई निशांत थापा ने उन्हें मुखाग्नि दी इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विधायक रीता धीमान और राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे सतपाल सत्ती प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना जिले में नगर परिषद मैहतपुर बसदेहड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में कोरोना योद्वा के रूप में काम करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया उन्होंने इन योद्वाओं को फेस शील्ड प्रदान किए सत्ती ने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्भियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और ये कर्मी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है

इसके अंतर्गत सरकार ने आगामी आदेशों तक बाहरी राज्यों के लिए बसे नहीं चलाने का निर्णय लिया है